धर्मशाला से हमारे जिला संवाददाता संदीप कुमार ने बताया कि धर्मशाला व पालमपुर नगर निगमों में मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है मंडी से हमारे जिला संवाददाता मुनीष सूद के अनुसार मंडी नगर निगम के सभी वार्डों में बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं सोलन से हमारे जिला संवाददाता लक्ष्मी दत्त शर्मा ने बताया कि मतदान अभी धीमी गति से चल रहा है और दोपहर तक काफी संख्या में मतदान केंद्रों में मतदाताओं के पहुंचने की उम्मीद है उधर कुल्लू से हमारे जिला संवाददाता आशीष शर्मा ने बताया कि जिले की आनी व निरमंड नगर पंचायतों में भी मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी उत्साह है मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी और देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित होंगे

इस बार कार्यक्रम कोविड महामारी की पाबंदियों के कारण वर्च्रअल माध्यम से आयोजित होगा परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री अपने विचार रखेंगे और बिना तनाव लिए परीक्षाओं की तैयारी के सुझाव देंगे नरेन्द्र मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्वाओं अभिभावकों और शिक्षकों के साथ नए प्रारूप में यादगार चर्चा होगी जिसमें व्यापक विषयों पर कई रोचक सवाल होंगे

कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के आदेश में केन्द्र सरकार के कमर्चारियों को सलाह दी गई है कि वे टीका लगवाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करें मास्क पहने बार बार हाथ धोएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें

इसका उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है इस वर्ष का विषय है सभी के लिए निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना को लेकर मूख्यमंत्री जयराम ठाक्र की समीक्षा बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है हिमाचल में फिर लगी बंदिशें फिलहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए सम्पूर्ण लॉकडाउन जैसा फैसला नहीं दिव्य हिमाचल का शीर्षक है स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा स्थगित

अमर उजाला ने लिखा है सीएम बोले नाइट कर्फ्यू पर अभी विचार नहीं मंदिरों में हवन पर रोक दैनिक भास्कर के मुताबिक विवाह पर कोरोना का बंधन अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश

नगर निगम चुनाव पर हिमाचल दस्तक का शीर्षक है प्रदेश के चार नगर निगमों का फैसला आज नगर निगमों में पार्टी सिंबल पर हो रहे चुनाव सरकारी भूमि पर ढारे बनाकर रहने वाले परिवारों की बेदखली पर रोक प्रदेश हाईकोर्ट से मिली हजारों परिवारों को राहत दैनिक भास्कर की खबर है मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है लाहौल में बर्फबारी शिमला में झमाझम बारिश दस जिलों में आज अंधड़ और ओलावृष्टि का येला अलर्ट मुख्यमंत्री के हवाले से दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है हिमाचल में ब्रिटिश स्ट्रेन के मामले की पुष्टि संक्रमण को लेकर सतर्क